इस सत्र का पहला चरण ग्यारह फरवरी तक चलेगा एक महीने के अंतराल के बाद संसद का अगला सत्र दो मार्च से शुरू होकर तीन अप्रैल तक चलेगा बजट सत्र में सरकार ने आज दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी पार्टियों की बैठक बुलाई थी सर्वदलीय बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार बजट सत्र के दौरान सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए सहमत है प्रधानमंत्री ने अधिकांश सदस्यों के इन विचारों से सहमति जताई कि सत्र के दौरान देश की आर्थिक स्थिति पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए

ऋण माफी मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि दूसरे चरण में प्रदेश के सात लाख किसानों के साढ़े चार हजार करोड़ रुपये के ऋण माफ होंगे मुख्यमंत्री ने आज भोपाल में जय किसान फसल ऋण माफी योजना के दूसरे चरण की समीक्षा करते हुए कहा कि हर पात्र किसानों को समय सीमा में इसका लाभ मिले यह सुनिश्चित किया जाए

इस मौके पर राजधानी भोपाल सहित अन्य जिलों में भी अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया भोपाल के संत हिरदाराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय में गांधी तुम्हें नमन कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी और ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने प्रदेश के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में गांधी पीठ और गांधी स्तम्भ का लोकार्पण किया उधर प्रदेश में आज शहीद दिवस पर राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के बलिदान की स्मृति में दो मिनिट का मौन रखा गया और श्रद्वांजलि तथा सर्वधर्म सभाएं आयोजित की गईं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भोपाल के मिंटो हॉल परिसर स्थित गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की इस मौके पर उन्होंने कहा कि युवाओं को गांधी जी के विचारों और सोच को अपनना चाहिए मंदसौर उमरिया सागर खंडवा देवास गुना धार रायसेन छिंदवाड़ा सहित अन्य जिलों में भी इस मौके पर सर्वधर्म प्रर्थना और श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया

इंदौर में आयोजित बैठक में उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार ने इस वायरस की जाँच के लिये पुणे की आईसीएमआर संस्था को अधिकृत किया है श्री सिलावट ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए प्रदेष के सभी हवाई अड्डों पर विषेष सतर्कता बरतने के निर्देष दिए हैं

इस अवसर पर देवी सरस्वती के पूजन सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये भोपाल स्थित मानस भवन में महिला मानस मंच द्वारा बसंत उत्सव का आयोजन किया गया इस अवसर पर गांधी आश्रम के दिव्यांग बच्चों के द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई उमरिया जिले में नदियों में स्नान के साथ श्रद्वालुओं ने शिवालयों और गायत्री मंदिरों में पूजा अर्चना की

शहर में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को लेकर किये जा रहे कार्यो को लेकर नगर निगम आयुक्त हिमांशु सिंह ने आकाशवाणी समाचार को बताया है कि जिले में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरुक किया जा रहा है